राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अब प्रचार का दौर बढ़ जाएगा ऐसे में किसी भी हाल में कोविड के दिशा निर्देशों की अवहेलना ना हो केन्द्र और किसान प्रतिनिधियों के बीच अगले दौर की बातचीत आज नई दिल्ली में होगी इससे पहले हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा था कि सरकार को उम्मीद है कि बातचीत से जल्दी ही कोई समाधान निकल जायेगा नीति आयोग आज वर्च्यअल कार्यक्रम में भारतीय नवाचार सूचकांक जारी करेगा आयोग ने कहा है कि सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी होना देश को नवाचार से संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने की सरकार की वचनबद्वता का परिचायक है

प्रकाश पर्व के उपलक्ष में गुरूद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है गुरूद्वारों में कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ अट्ट लंगर बरताये जा रहे हैं सवाई माधोपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे उत्सव के तहत आज दूसरे दिन शिल्पग्राम में पुरुषों के लिए साफा प्रतियोगिता और महिलाओं की मांडना प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है उधर शिल्पग्राम में आयोजित फोटो प्रदर्शनी का आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया प्रदर्शनी में वन्य जीव और सवाई माधोपूर की गौरवशाली विरासत के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है

नौ जिलों बीकानेर बूंदी चूरू हनुमानगढ़ झुंझुनूं सवाई माधोपुर सीकर सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक गजेन्द्र सिंह शक्तावत का आज निधन हो गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने श्री शक्तावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज भी सुबह कोहरा छाया रहा